पर्यटन मंत्रालय होटलों का वर्गीकरण स्टार रेटिंग के आधार पर करता है इसके अंतर्गत विभिन्न स्विधाओं को ध्यान में रखते हए होटलों को पांच सितारा पांच सितारा डीलक्स लिगेसी विंटेज होम स्टे गेस्ट हाउस जैसी विभिन्न श्रेणियों में रखा जाता है इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय ने सभी श्रेणियों के ट्र ऑपरेटरों ट्रैवल एजेंटों और टूरिस्ट ट्रासपोर्ट ऑपरेटरों को दी गई स्वीकृति भी छह महीने के लिए बढ़ा दी है चार्टर्ड उड़ाने नागर विमानन मंत्रालय ने चार्टर्ड और निजी विमानों को उड़ान की अन्मति दे दी है इनमें हेलीकॉप्टर और माइक्रो लाइट विमान भी शामिल हैं

हालांकि बहत वृद्ध व्यक्तियों गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार लोगों को इन सेवाओं का उपयोग न करने की सलाह दी गई है एयर एम्ब्लेंस के मामले में यह शर्त लागू नहीं होगी मंत्रालय ने कहा है कि सभी यात्रियों के आरोग्य सेतू ऐप की जांच की जाएगी

वे आज श्योप्र के सभागार में कोरोना योद्वाओं को सम्मान के अवसर पर संबोधित कर रहे थे श्री तोमर ने कहा कि आरोग्य सेत् एप का उपयोग अधिकांश लोग कर रहे है इसलिए श्योप्र जिले में इस एप का उपयोग अभियान के रूप में कराने के लिए मुहिम चलाई जावे साथ ही पीपीई किट मास्क वेन्टीलेटर की दिशा में कदम उठाये गये है

श्रमिकों का सर्वे कर उन्हें रोजगार के साथ ही संबल योजना से जोड़ा जाएगा

इस संबंध में श्रम विभाग दवारा समस्त कलेक्टर्स को अभियान को सुचारू रूप से चलाने की कार्ययोजना तैयार कर भेजी है

विस्तृत जानकारी हमारे फेसब्क और ट्विटर पेज पर उपलब्ध है मनरेगा आगर मालवा आगरमालवा जिले में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना स्कीम उन लोगों के लिये वरदान साबित हई है जो रोज मेहनत कर कमाते और खाते हैं

नीमच जिले के उम्मेदप्रा गांव निवासी एक कोरोना संदिग्ध व्यक्ति की यहां बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटर में आज मौत हो गयी

देवास जिले में एक और व्यक्ति करोना संक्रमित हो गया हैं

पिछले दो माह से कोरोना से द्र रहा नरसिंहप्र जिला अब बाहर से आए लोगों के चलते धीरे धीरे कोरोना की गिरफ्त में आता जा रहा है

बैतूल जिले में कोरोना पॉजीटिव पाए जाने के उपरांत कलेक्टर ने कई क्षेत्रों को प्रतिबंधित घोषित कर दिया है सागर जिले में नवागत कलेक्टर दीपक सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कोविड नियंत्रण से संबंधित विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली छतरप्र में दो कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह और एसपी क्मार सौरभ ने कंटेन्मेंट एरिया पहचकर निरीक्षण किया छिन्दवाड़ा के ज्न्नारदेव में भी एक कोरोना पाजिटिव मिला है

गुना और डिंडोरी में भी तेज ध्यप पड़ने के कारण लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा